केन्द्र ने राष्ट्रीय असाध्य रोग नीति को मंजूरी दी

कोरोना टीकाकरण केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्यकर्भियों और अग्रिम पंक्ति के कर्भियों के लिए कोविड टीकाकरण का अब से कोई नया पंजीकरण नहीं होंगा स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ अपात्र लाभार्थी टीकाकरण के लिए इस श्रेणी में अपने नाम पंजीकृत करा रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन है उन्होंने कहा कि राज्यों के प्रतिनिधियों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ कोविड टीकाकरण के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक में कल मुद्दे पर चर्चा हुई इस समूह की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया की स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों की श्रेणी में नए पंजीकरण तत्काल प्रभाव से बंद कर दिये जायें

उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पहले से पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को जल्दी से जल्दी टीका लगाने को कहा

यह नीति केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है विभिन्न पक्षकार पिछले कुछ समय से असाध्य रोगों के प्रबंधन और बचाव के लिए एक व्यापक नीति की मांग कर रहे थे विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों के साथ कई सलाह मशविरों के बाद इस नीति को अंतिम रूप दिया गया है इस नीति का उद्देश्य असाध्य रोगों के इलाज की लागत कम करना और इन पर राष्ट्रीय शोध को बढावा देना है इससे संबंधित दवाइयों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा और इलाज में कम लागत आएगी राज्य कोरोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल के बारे में जन जागरूकता अभियान तेज किए जाने की आवश्यकता है राज्य सरकार ने कहा है कि रविवार को जिन स्थानों पर लॉकडाऊन है वहां टीकाकरण केंद्र खुले रहेंगे दूसरी ओर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलास्तर पर भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं कटनी में जिम स्वीमिगपुल सिनेमाघर सार्वजनिक पार्क बंद रहेंगे छिंदवाड़ा में गुरुवार से सोमवार तक शहरी क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में लॉकडाउन लगाया गया है सागर में लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के उददेश्य से रोको टोको अभियान तेजी से चलाया जा रहा है मंदसौर जिले में पुलिस विभाग और छात्राओं ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चलाकर लोगों को जागरुक किया

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले छह वर्षों में दो अरब सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों से बदला है एक सेमीनार में उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी बल्कि इससे उर्जा की बचत भी होगी

जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के अनुसार इस महामारी का सबसे बुरा असर अमरीका पर पड़ा है तीन करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए और साढ़े पांच लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है

अन्य देशों में भारत फ्रांस रूस ब्रिटेन इटली तुर्की स्पेन जर्मनी कोलंबिया ईरान दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना तथा पोलैंड रहे

इस अवसर पर खंडवा के पत्रकारों की ओर से माखनलाल की प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम आयोजित होगा

दीप प्रजवलन के समय कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा

सुरक्षाबलों का एक संयुक्त दल इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में उग्रवादियों की मौजूदगी का सुराग मिलने के बाद माओवादरोधी अभियान पर था जब यह दल तारेंम क्षेत्र में पहुंचा तो दल पर माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया अतिरिक्त सुरक्षाबल घटनास्थल पर रवाना हो गया है दो हेलीकॉप्टर और नौ एम्बूलेन्स बीजापुर जिला मुख्यालय भेजे गए हैं घटना पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में माओवादी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की हैं एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वीर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की टेनिस टेनिस की नंबर एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने मायामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप लगातार द्सरी बार जीत ली है बार्टी ने फाइनल में कनाडा की बिनाका एंड्रेस्क्यू को हराकर खिताब अपने नाम किया चोट के कारण बिनाका को मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा उधर पुरुष डबल्स का खिताब क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मेट पेविक की जोड़ी ने जीत लिया है इस जोड़ी ने फाइनल में ब्रिटेन के डैन इवांस और नील स्कप्सकी को हराया केरल विस चुनाव केरल में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा इस बीच सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है केरल में मतदान छह अप्रैल को होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केरल में एलडीएफ और यूडीएफ तुष्टिकरण की नीति पर चल रहे है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामण ने दोनों दलों पर राज्य में भ्रष्टाचार और हिसा करने का आरोप लगाया वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केरल में बेरोजगारी की दर बहुत ऊंची है और राज्य की अर्थव्यवस्था संकट में है